नई दिल्ली में देश के पहले वैश्विक मोबिलिटी शिखर सम्मेलन मूव का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ मोबिलिटी का अर्थ है वातावरण को प्रदूषणरहित बनाना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना श्री मोदी ने कहा कि मोबिलिटी शहरीकरण का मुख्य केन्द्र है और इससे आर्थिक विकास की गति तेज करने में मदद मिलती है श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है उन्होंने कहा कि इस शिखर सम्मेलन की भावना समूचे देश में दिखाई दे रही है देश आगे बढ़ रहा है तथा अर्थव्यवस्था भी विकास की ओर अग्रसर है श्री मोदी ने कहा कि जीवन को सरल बनाने में मोबिलिटी की प्रमुख भूमिका है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सार्वजनिक परिवहन सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला माध्यम हो सरकार वाहनों के लिए स्वच्छ और कम ऊर्जा की खपत वाले वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है सम्मेलन में पांच विषयों विद्युतीकरण और वैकल्पिक ईधन सार्वजनिक परिवहन के नये साधन माल परिवहन और डेटा विस्लेषण पर प्रमुखता से चर्चा होगी पूरे विश्व से दो हजार दो सौ से अधिक प्रतिभागी आयोजन में शामिल हो रहे हैं आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत देश भर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्र खोले जाएंगे नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किफायती स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं और सबके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराने पर काम कर रही है श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केन्द्र ने बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखमाल के लिए कई कदम उठाए हैं गृहमंत्री ने हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए आध्निक तकनीक अपनाने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की सराहना की खेलो इंडिया कार्यक्रम के परिणाम राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में दिखाई दे रहा हैं आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केन्द्रीय खेलमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि आने वाले दिनों में खेलो इंडिया कार्यक्रम के शानदार परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देंगे योजनाबद्व तरीके से इसके ऊपर काम हो रहा है उन्होंने कहा कि इस बात का पूरा विश्वास है कि खेलो इंडिया जैसी स्कीम अगले दस साल चलेगी तो बदलाव पूरे भारत में दिखेगा कर्नल राठौड़ ने ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं की सराहना की उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए धन की कभी भी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमजोर और जरूरतमंद गरीबों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि राशन के अभाव में भूख से मौत होने पर संबंधित जिले के जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे एनेक्सी में कल खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्यान चोरी पर कड़ाई से अंकुश लगाने के साथ साथ इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिये हैं

साथ ही ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग का सम्मान और अधिकार सुरक्षित है श्री मौर्य कल लखनऊ में भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से आयोजित भुर्जी समाज की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण ही अगडे पिछड़े और दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा और बसपा ने सदैव पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है लेकिन उनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया है केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने आज अपने एक दिवसीय रायबरेली दौरे के दौरान लालगंज स्थित रेल कोच कारखाने का निरीक्षण किया और वहां चल रहे कार्यो की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की केन्द्रीय मंत्री ने अपने दौरे के दौरान जिले में जनप्रतिनिधियों की बैठक को भी संबोधित किया उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया गया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तुलना में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ग्राम पंचायतों को तीन गुना अधिक धनराशि दी है उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में घर घर शौचालय बनाने के काम में तेजी आई है उन्होंने रायबरेली में महिला लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित चेक भी वितरित किये